एनडीए की एकजुटता का किया दावा

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है श्री यादव पटना में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रांतीय सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि एनडीए सभी दलों को समान तरजीह देता है श्री यादव ने दावा किया कि एनडीए पूरी तरह अट्रट है पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार प्रभारी के नाते रोलसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा से उनकी दो बार सौहार्दपूर्ण वातावारण में बातचीत हुई है उन्होनें कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह विधानसभा चूनाव में व्यस्त हैं जिस कारण श्री कुशवाहा की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र क्शवाहा ने विश्वास व्यक्त किया है कि भाजपा के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर सकारात्मक परिणाम सामने आयेगा श्री कुशवाहा ने कहा कि चार और पांच दिसम्बर को वाल्मिकीनगर में होने वाली राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद वे अंतिम रूप से कोई घोषणा करेंगे पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार एक महीने से गिरावट का रूख जारी है इस दौरान पेट्रोल सात रूपये और डीजल लगभग चार रूपये प्रति लीटर तक सस्ता हुआ है पटना में पेट्रोल की कीमत गिरकर अस्सी रूपये बत्तीस पैसे और डीजल की कीमत चौहत्तर रूपये अड़तालीस पैसे प्रति लीटर हो गयी है

पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में नियमावली तैयार कर वित्त और विधि विभाग को मंजूरी के लिए भेज दिया है राज्य वित्त आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्थायी और अस्थायी आवासीय परिसर के साथ साथ व्यावसायिक परिसर से होल्डिंग टैक्स वसूलने की सिफारिश की थी

आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रही पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है बेगूसराय पुलिस ने कल उनके करीबी सहयोगी विकास कुशवाहा को हिरासत में लेकर उनके सम्भावित ठिकानों के बारे में प्रछताछ की इधर कुर्की जब्ती की कार्यवाही के बाद पुलिस अब मंजू वर्मा के बैंक खातों को भी फ्रीज करने की भी तैयारी कर रही है मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में गिरफ्तार किये गये सभी ग्यारह आरोपियों की पटना रिथित एनआईए की विशेष अदालत में पेशी हुई बाद में सभी को पटना के बेउर जेल भेज दिया गया रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किये गये बेगूसराय के अपर समाहर्त्ता ओमप्रकाश प्रसाद और दानापुर नगर परिषद के प्रधान लिपिक के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का केस दर्ज किया जायेगा निगरानी विभाग की टीम दोनों की चल अचल सम्पत्तियों की जांच कर रही है पंजाब के पटियाला जेल में बंद मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की आज वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से मुजफ्फरपुर स्थित विशेष पोक्सो कोर्ट के समक्ष पेशी होगी

तैयार पैनल में गड़बड़ी मिलने के बाद चयन समिति के एक सदस्य ने अंतिम सूची पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया इसके बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी है पूर्व में भी पीएमसीएच में तीन सौ कर्मचारियों की फर्जी बहाली का मामला सामने आया था जिसके बाद सबों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था राज्य में खतियानों को अद्यतन करने का अभियान इकतीस मार्च दो हजार बीस तक चलेगा इस काम के लिए चलाये गये विशेष सर्वेक्षण और राष्ट्रीय भू अभिलेख प्रबंधन की अवधि दो वर्षों के लिए और बढ़ा दी गयी है प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों द्वारा कृषि इनपुट अनुदान के लिए दिये गये आवेदन की जांच होगी कृषि समन्वयक खेतों की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे जांच प्रक्रिया पच्चीस नवम्बर से शुरू होकर एक महीने चलेगी इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों को सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी आज विश्व शौचालय दिवस है यह दिन लोगों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेशभर में जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है लोगों को शौचालय के उपयोग को लेकर फैली भ्रांतियों के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं साथ ही उन्हें शौचालय बनवाने और इसके उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है शौचालय दिवस के अवसर पर पटना के ग्यारह प्रखंडों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाएगा प्रदेश में जल्द ही साढ़े इक्कीस हजार एएनएम और नौ हजार एग्रेड नर्स की नियुक्ति होगी ये नियुक्तियां राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होंगी स्वास्थ्य विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव समान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है मुजफ्फरपुर देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार शहर को तीन सौ चौवालीस अंक मिला है इस सूची में लखनऊ पहले स्थान पर है मुजफ्फरपुर के वातावारण में महीन धूलकण मानक से दस से बारह गुणा अधिक पाया गया है पटना राज्य का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है राजधानी पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र में ग्यारह फीट गहरे नाले में गिरे दस वर्षीय बच्चे दीपक का चालीस घंटे बाद भी सुराग नहीं मिल पाया है कल देर रात तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने खुले नाले में गिरे बच्चे की तलाश की लेकिन बचाव दल को सफलता नहीं मिल सकी आज भी तलाशी अभियान जारी है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान पटना और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है विभाग के अनुसार इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आयेगी और ठंड का एहसास बढ़ जायेगा कल प्रदेश के अधिकतर स्थानों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य बना रहा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है छात्र स्नातकोत्तर स्नातक डिप्लोमा और विभिन्न सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए इकतीस दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं कूच विहार अन्डर नाइनटिन क्रिकेट टूर्नामेंट में आज बिहार की टीम का मुकाबला अरूणाचल प्रदेश से होगा पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस मैच के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं वैशाली लखीसराय पूर्वी चम्पारण और पटना जिले से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब के साथ के छह तस्करों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्करों में दो महिलाएं भी शामिल हैं मुजफ्फरपुर के एक ऑनलाईन परीक्षा केन्द्र से पुलिस ने दूसरे के बदले बैंक की परीक्षा दे रहे दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ला स्थित एक छात्रावास में चार छात्रों के साथ हुई मारपीट और दरिंदगी के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे दो आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती की है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अमृतसर में हुये आतंकी हमले से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण लिखता है अमृतसर में निरंकारी सत्संग पर आतंकी हमला तीन की मौत इक्कीस लोग घायल हिन्दुस्तान की सुर्खी है वाल्मिकीनगर में भी बोधगया राजगीर की तरह इको पर्यटन दैनिक भास्कर लिखता है आरबीआई बोर्ड की अहम बैठक आज कुछ मुद्दों पर सरकार से सहमति सम्भव प्रभात खबर ने लिखा है पेट्रोल डीजल लगातार उनतीसवें दिन सस्ता पटना के राजेशपथ के समीप संप हाउस के नाले में गिरे दस वर्षीय बच्चे की तलाशी अभियान को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता देते हुये लिखा है सड़क खोदकर की जा रही दीपक की तलाश आज की सुर्खी है मंजू वर्मा के घर दूसरे दिन भी कुर्की

एनडीए की एकजुटता का किया दावा